सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया यह टीका उन्हें पंजाब के संगरूर की सुश्री निशा शर्मा ने लगाया इस अवसर पर सुश्री शर्मा ने बताया कि यह उनके लिए एक यादगार पल था

प्रधानमंत्री ने आज ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए

इनमें से आधे से ज्यादा मामले केवल चार शहरों लखनऊ कानपुर वाराणसी और प्रयागराज से हैं

अब तक कुल छः लाख छः हजार तिरसठ लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि नौ हजार तीन लोगों की मृत्यु हुई है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है और कल एक दिन में दो लाख चार हजार आठ सौ अठहत्तर नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ इकसठ लाख सैंतालीस हजार तीन सौ चालीस नमूनों की जांच की जा च्की है प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है ये जिले हैं लखनऊ वाराणसी कानपुर और प्रयागराज आज रात से कर्फ्यू प्रभावी रहेगा और हर जिले के लिए समय अलग अलग है

लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा कि उन सरकारी संस्थानों में सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा जहां परीक्षाएं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं और केवल ऐसे ही संस्थान खुलेंगे

इस सर्वेक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष तिवारी ने आज इस संबंध में फैसला सुनाया उन्होंने सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं इससे पहले दो अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कक्षा दस और कक्षा बारह की बोर्ड परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आठ मई से शुरू होंगी हाईस्कूल की परीक्षाएं पच्चीस मई को और इंटमीडिएट की परीक्षाएं अट्ठाईस मई को संपन्न होंगी इंटरमीडिएट की परीक्षा दो पालियों में सुबह आठ बजे से ग्यारह बजकर पन्द्रह मिनट तक और दो बजे से पांच बजकर पंद्रह मिनट तक आयोजित की जाएगी परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएमएसपी डॉट ईडीयू डॉट आईएन पर उपलब्ध है बिजनौर जिले में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में पांच लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए हादसा बिजनौर शहर के सीमावती गांव बक्शीवाला की एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फैक्ट्री में केमिकल और विस्फोटक पदार्थ रखा था जिसमें आग लगने से हादसा हुआ पाचों मृतक फैक्ट्री के मजदूर हैं मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और स्थानीय स्तर पर उन्हे हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं